चुनाव प्रतिक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बढ़चढ़कर मतदान के लिये मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि यह जनता का चुनाव था और जनता ने खुद इसे लड़ा है

वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कोरोना संकट के बाद भी मतदाताओं के उत्साह की सराहना की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम में चिप लगे होने की आंशका जताने का सीधा अर्थ है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और भाजपा इन चुनाव में क्लीन स्वीप कर रही है

गौरतलब है कि देश भर के स्थानीय निकायों को वायु प्रदूषण घटाने के उपायों के लिये केन्द्र सरकार ने कुल दो हजार दो सौ करोड़ रूपये जारी किये हैं

गुणवत्तापूर्ण चावल केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में गुणात्मक चावल के वितरण बढाने की जरूरत पर बल दिया है पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित एक समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अन्तर्गत देश के सभी जिलों में गुणात्मक चावल की खरीद और वितरण की योजना बनाने को कहा गया है

एक ट्वीट में उन्होंने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को बधाई दी

कई दिनों के बाद प्रदेश के पांच जिलों में कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है

बैंक सेवा शुल्क सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन धन खातों सहित बैंक के साठ करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है मंत्रालय के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रति माह निशुल्क नकदी निकालने और जमा करने की बारंबारता के बारे में कुछ बदलाव किए थे इनके तहत हर महीने निशुल्क नकदी लेन देन की बारंबारता पांच बार से घटाकर तीन बार कर दी गई थी

सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है मौसम प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस माह की शुरूआत से ही तेज ठंड पड़ने लगी है देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आ रही सूखी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में यह बदलाव आ रहा है अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी कम रिकार्ड किया जा रहा है ग्वालियर संभाग के कई जिलों में तापमान सामान्य से बहुत कम तो वहीं रीवा सागर होशंगाबाद उज्जैन और भोपाल संभाग के कई जिलों में सामान्य से कुछ कम तापमान रहा है

भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना जापान समुद्री आत्म रक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इसमें भाग ले रही है